अब तेईस मई को होगा चुनाव परिणामों का एलान

ईवीएम की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम

कई मतदान केंद्रों पर अभी भी लंबी लाइन लगी हुई है नियमानुसार जो मतदाता निर्धारित समय के भीतर मतदानकेंद्र पहुंच गये है उन्हें भी वोट डालने दिया जायेगा इसलिए मतदान प्रतिशत के आंकड़ो में बदलाव आ सकता है

इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा रविशंकर प्रसाद हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और शत्र्घ्न सिन्हा के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी इस चरण से होगा स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिये व्यापक सुरक्षा प्रबंध किये गये थे

कुछ जगहों पर ईवीएम और वीवीपेट की मशीने बदली गई

खंडवा संसदीय क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के बीच है

रतलाम सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद कांतिलाल भूरिया का मुकाबला भाजपा के गुमान सिंह डामोर से है भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इंदौर सीट से इस बार पार्टी के शंकर लालवानी कांग्रेस के पंकज संघवी को चुनौती दे रहे हैं धार सीट पर कांग्रेस के दिनेश गिरवाल और भाजपा के छतर सिंह के बीच मुकाबला है देवास में भाजपा ने जज रह चुके महेंद्र सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाया है श्री सोलंकी कांग्रेस के प्रहलाद टिपानिया का सामना कर रहे हैं श्री टिपानिया प्रख्यात लोक कलाकार हैं देवास से ही सटी उज्जैन सीट पर भी भाजपा ने नया चेहरा उतारते हुए पूर्व विधायक अनिल फिरोजिया पर भरोसा जताया है उनके सामने चुनावी दंगल में कांग्रेस के बाबूलाल मालवीय हैं खरगोन सीट पर भाजपा के गजेंद्र पटेल कांग्रेस के डॉ गोविंद मुजाल्दे को चुनौती दे रहे हैं

धात्री महिलाओं ने भी मतदान केन्द्रों पर उनकी सुविधा के लिये बनाये गये झूलाघरों का खूब उपर्योग किया रतलाम जिले के दिव्यांग गोपाल सिंह ने आलोट विधानसभा क्षेत्र के तालोद गाँव स्थित मतदानकेन्द्र पहंचकर पैर की अंगुली से मतदान किया देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आष्टा विधानसभा के ग्राम रसूलपुरा में एक सौ बीस वर्षीय रुकमा बाई ने मतदान किया वहीं मंदसौर संसदीय सीट अंतर्गत नीमच तहसील के ग्राम दारू में अपने परिजन के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद परिवार ने मतदान केन्द्र पहुंचकर वोट किया पुनर्मतदान मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा के सहसराम केंद्र में कल पुनर्मतदान होगा मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक चलेगा

मतदान केन्द्र पर शिकायत मिली थी कि यहां के मतदानकर्मियों ने मतदान से जुड़ी कुछ सामग्रियां जमा नहीं कराई थी इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के नरेन्द्र सिंह तोमर और कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास रावत के बीच है मतगणना लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब प्रदेश में मतगणना को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है

भोपाल संसदीय क्षेत्र के वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच पुरानी जेल में होगी और यहां र्स नतीजे घोषित किये जायेंगे इसके अलावा भोपाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीहोर जिला मुख्यालय पर भी वोटों की गिनती की जायेगी राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए वोटों की गिनती तीन जिलों राजगढ़ गुना एवं आगर में होगी

स्ट्रडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे

मौसम राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं के कारण प्रदेश में आज से तापमान बढ़ने लगा है

हालांकि सामान्य से अब भी यह एक डिग्री कम है

आज इंदौर ग्वालियर और जबलपुर सहित कई शहरों में तापमान सामान्य से कम दर्ज हुआ है

इसमें उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये